श्री शर्मन ने कहा कि जो दक्षिण एशिया की विदेश नीति के बारे में जानकारी रखता ह उसे पता होता ह भारत कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थ का हमेशा विरोध करता ह उन्होंने कहा कि हर कोई जानता ह कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कभी भी ऐसा बयान नहीं दे सकते

हरियाणा के राज्यापाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि भारत प्रतिभाशाली युवाओं का देश हण देश के य्वाओं ने बड़ी बड़ी कंपनियों खेल शिक्षा चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बल पर पूरे विश्व में धाक जमाई हाऔर देश का नाम रोशन किया हण श्री आर्य चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में द्सरे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों को सम्बोधित कर रहे थे समारोह में विशिष्ठ अतिथि के तौर पर प्रसिद्व राष्ट्रीय चिंतक एवं समाज सुधारक इनदेश कुमार जींद के विधायक डा कुष्ण लाल मिड़डा उचाना की विधायिका श्रीमती प्रेमलता ने शिरकत की समारोह की अध्यक्षता चौधरी रणवीर सिंह विश्व विदयालय के उप कलपति डॉ राजबीर सोलंकी ने की समारोह में राज्पाल श्री आर्य ने इन्द्रेश क्मार को पीएचडी के मानक उपाधि देकर कर सम्मानित किया

इससे पहले राज्यपाल ने टीचिंग ब्लॉक और एसटीपी का उदघाटन किया पंचकूला में कल रात चंडीमंदिर रेलवे स्टेशन के पास पंचकूला कालका हाईवे पर हये सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई हमारी संवाददाता ने बताया कि पिंजौर स्थित मल्लाह रोह पर रहने वाले ये लोग कावड़ लेने के लिये ऑटो में हरिदवार जा रहे थे जिसे एक कार ने टक्कर मार दी

हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित व सुव्यवस्थित ांग से संपन्न करवाने के लिए राज्य सरकार दवारा सभी तरह के उचित प्रबन्ध किये गए हैं

सरकार कांवडियों की स्विधाओं के प्रति सजग है और उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहब्रा करवाई जाएंगी श्रीमती अरोड़ा आज सभी मंडल आयुक्तों जिला उपायक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बठक कर रही थी

उन्होंने कहा कि देश के विकास में स्वच्छ नागरिक ही सहयोग कर सकते ह और सभी के सहयोग से देश तीव्र गति से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा